केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में हुए एक समारोह में ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार और ज़िला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सतनाम सिंह को पुरस्कार देकर सम्मानित किया ये पुरस्कार एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में दिया गया है उपायुक्त ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने का श्रेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और विभाग के अधिकारियों को दिया है

कोरोना वायरस कोरोना वायरस को लेकर प्रदेशभर में ऐहतियाति कदम उठाए जा रहे हैं केन्द्र सरकार के निर्देश पर कांगड़ा जिले के मैकलोड़गंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को कोरोना वायरस को लेकर काउंसलिंग केन्द्र चिन्हित किया गया है कांगड़ा के अतिरिक्त उपायुक्त राधव शर्मा ने बताया कि मैकलोड़गंज और बीड़ बिलिंग में अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं और इन इलाकों में समी होटलों व होमस्टे को सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भेजे जा रहे हैं

मारकंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प दिए जाएंगे जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में केन्द्र सरकार ने पारम्परिक जैविक व अन्य उर्वरको के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाया है और हिमाचल सरकार भी पहले से ही इसे बढ़ावा दे रही है किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने केन्द्र से कांगड़ा जिले के लिए स्वीकृत व घोषित राष्ट्रीय राजमागों पर व्यवहारिक रूप से काम शुरू करने का आग्रह किया है नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आज केन्द्रीय सड़क व भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मेंट के दौरान उन्होंने प्रदेश के पिछड़े जिले चंबा को छूने वाला चक्की भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रखरखाव की जरूरत पर बल दिया किशन कपूर ने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में चार राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित किए गए हैं और इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि पठानकोट चक्की मंडी और शिमला मटौर फोरलेन का कार्य मानकों के आधार पर होगा क्योंकि पठानकोट मंडी सड़क सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है परिवहन विमाग राज्य परिवहन विभाग ने आम लोगों को परिवहन संबंधी विभिन्न सेवाएं देने के लिए वैब आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और इसके लिए विभाग के कार्यालय में आने की जुरूरत नहीं होगी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन सेवाओं में वाहनों के रूपांतरण पंजीकरण का नवीकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र रोड़ टैक्स अदायगी विशेष परमिट और डुप्लिकेट ड्राईविंग लाईसेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने राज्य सचिवालय में मंत्रियों और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में डटी है और लोगों की समस्याओं की कोई सुध नहीं ले रहा है विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ज़िले के ऊपरी क्षेत्र में अमी भी अनेक मुख्य मार्ग अवरूद्व हैं और बिजली आपूर्ति भी ठप्प पड़ी है जबकि राज्य सरकार दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रही है उन्होंने सरकार को प्रदेश की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है

दमकल विभाग की टीम ने को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस फैक्टरी में मशीनें और सेब की पैकिंग के लिए तैयार गत्ता पेटियां जलकर राख हो गई